राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नववर्ष की पूर्वसंध्या पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं और नववर्ष मनाने के लिए प्रदेश में पर्यटकों का तांता सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध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

शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरा करने को कहा

जयराम ठाकुर ने कहा कि भवन निर्माण में पारम्परिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होगा उन्होंने पार्किंग सहित परिसर को सुंदर बनाने के लिए पर्याप्त हरित क्षेत्र सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अंतरदेशीय जल परिवहन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्हों कहा कि तत्तापानी और सलापड़ के बीच जल परिवहन सुविधा आरम्भ की जाएगी जिससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केन्द्र साबित होगा उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोज़गार के अवसर सृजित होंगे सीबीएसई केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की दसवीं व बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है

यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा इससे समय और ईधन की बचत होगी

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और तीस हजार से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास न होने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराना अनुचित है एक बयान में उन्होंने प्रदेश सरकार पर बढ़ते अपराध को कम करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना काल में राहत देने के बजाय सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है भाजपा भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल व त्रिलोक कपूर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि देश व प्रदेश में भाजपा सरकार डबल इंजन के रूप में कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सकारात्मक कार्यशैली से परेशान होकर मुकेश अग्निहोत्री ने ऐसी टिप्पणियां की हैं बोर्ड परीक्षा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के मददेनज़र वार्षिक परीक्षा संबंधी बनाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र को सौंप दिया है बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कमार सोनी ने बताया कि प्रस्ताव में परीक्षाएं प्रातःकालीन व सांयकालीन सत्र में करवाए जाने की बात कही गई है इसके अलावा गैर बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च में जबकि बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं अप्रैल में करवाने का जिक्र किया गया है उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा नॉन बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा

राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नया साल प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा उन्होंने लोगों से सामाजिक बुराईयां समाप्त करने और कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए आगे आने का आहवान किया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अपने बधाई संदेश में प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाईयां हासिल करेगा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं

पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

उन्होंने पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उधर लाहौल घाटी में भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है अटल टनल रोहतांग व लाहौल घाटी में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं हालांकि पर्यटकों को शौचालय सहित कुछ अन्य असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है इधर राजधानी शिमला क्फरी और नारकण्डा में भी भारी संख्या में पर्यटक नववर्ष मनाने पहंचे हैं

दौरा किन्नौर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि ज़िले के कुन्नू चारंग क्षेत्र में दूर संचार की समस्या का मामला मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के समक्ष उठाकर जल्द हल कर लिया जाएगा आज क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग को कुन्नू चारंग गांव में केसर व छरमा की खेती की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने चारंग स्थित आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण में तेज़ी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नववर्ष की पूर्वसंध्या पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं और नववर्ष मनाने के लिए प्रदेश में पर्यटकों का तांता सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार